इसी के साथ भारत का ऑपरेशन विजय भी सफल हुआ था विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने कहा है कि वह नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जयपुर मिलेट्री स्टेशन पर सप्तशक्ति कमान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लेफिटनेंट जनरल विजय सिंह ने कारगिल शहीदों के पराक्रम को याद किया उन्नीसवें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के समाचार मिले हैं

नागौर में जाबांज पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव सुनाये और शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित किए

हड़ताल से यातायात ठप्प रहा और लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया रोडवेज बसों का चक्का होने से निजी बस ऑपरेटरो यात्रियों से मनमाना किराया वसुल कर रहे हैं सिरोही नागौर झालावाड चित्तौड़गढ जालौर बांसवाड़ा तथा सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों से बसों का संचालन ठप्प रहने के समाचार मिले हैं

भीलवाडा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ट्रकों की हड़ताल से वस्त्र नगरी भीलवाड़ा से माल की आवाजाही पर असर पड़ा है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्याक्ष डॉ अर्चना शर्मा ने हड़ताल के लिए राज्य सरकार की संवेदनहीनता को जिम्मेदार बताया है उन्होंने कहा कि कई दिनों से चल रही ट्रक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से करोडो रूपये का कारोबार प्रभावित हुआ है सब्जी और खादय पदार्थ की कीमतों में भी बढोतरी हुई है

इसके तहत परंपरागत बल्ब और ट्यूब की जगह एल ई डी लाइट लगाई जा रही है राजस्थान में इस योजना से लाखों परिवारों को बिजली बचाने में मदद मिली है

लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड ने कहा कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की तुलना निजी चैनलों से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के उद्देश्य और कार्यक्रम के प्रारूप अलग अलग होते हैं सरकार ने यह भी कहा है कि आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय समाचारों की प्रसारण अवधि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है

इससे एसएमएस अस्पताल से ट्रोमा सेंटर जाने में मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी

इस तरह राजस्थान अधिक वर्षा की श्रेणी में आ गया है

हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि लगातार बारिश होने के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया